दो मई तक लिये जा सकते हैं नाम वापस

और प्रदेशभर में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी

पांचवें से लेकर अंतिम चरण के लोकसभा चूनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है पांचवें चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चूनाव प्रचार कर रहे हैं इस सिलसिले में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुजफ्फरपुर में पार्टी उम्मीदवार अजय निषाद के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे श्री मोदी के साथ जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री का चार मई को वाल्मिकीनगर में एनडीए उम्मीदवार वैद्यनाथ महतो के पक्ष में भी चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर आज जदयू अध्यक्ष वाल्मिकीनगर और सारण लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी सीतामढ़ी के बथनाहा में एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार पिंट् के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का मुजफ्फरपुर शिवहर मोतिहारी गोपालगंज और सीवान में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है इधर कल एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जम कर चुनाव प्रचार किया जदयू अध्यक्ष नीतीश क्मार ने सीतामढ़ी और सारण में और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने वाल्मिकीनगर और मधुबनी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आरके सिंह रामकृपाल यादव और अश्विनी कुमार चौबे ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सघन जन सम्पर्क अभियान चलाया पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती ने भी जन सम्पर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के चूनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर विचार के लिए निर्वाचन आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है निर्वाचन उपायुक्त चंद्र भूषण कुमार ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी प्रदेश में चौथे चरण के तहत पांच लोकसभा क्षेत्रों के लिए सम्पन्न मतदान में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में दो दशमलव सात छह प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गयी है सबसे अधिक समस्तीपूर में पांच दशमलव चार पांच प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं मतदान प्रतिशत में सब से कम बढ़ोतरी उजियारपुर में देखी गयी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में यहां मात्र शून्य दशमलव छह सात प्रतिशत अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मुंगेर में दो दशमलव नौ आठ दरभंगा में दो दशमलव सात और बेगूसराय में दो प्रतिशत अधिक मतदान हुआ उन्नीस मई को होने वाले लोकसभा चूनाव के सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आज नामांकन पत्रों की जांच होगी इस चरण में दो सौ सत्ताईस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं सबसे अधिक सैंतीस सैंतीस नामांकन पटना साहिब और काराकाट निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल किये गये वहीं नालंदा में छत्तीस पाटलिपूत्र में तैंतीस जबकि जहानाबाद में उनतीस उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया बक्सर मे सोलह और सासाराम में पन्द्रह प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं इस चरण के साथ ही होने वाले डिहरी विधानसभा उपच्नाव के लिए तेरह उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं दो मई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं निर्वाचन आयोग ने बेगूसराय से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह द्वारा एक संप्रदाय विशेष को लेकर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है पाटलिपूत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती और पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शत्र्घ्न सिन्हा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है विकासशील इंसान पार्टी ने पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से रीता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है इस संबंध में पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दस प्रतिशत सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने के नियमों के अनुरूप पार्टी ने यहां से अपना उम्मीदवार दिया है सीबीआई ने सुजन घोटाला मामले में भागलपूर की पूर्व डीएम जयश्री ठाकूर के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है ब्यूरो ने यह आरोप पत्र भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दायर किया है श्रीमती ठाकूर इस मामले में लंबे समय तक फरार रही थीं उन्हें इस वर्ष जनवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था जयश्री ठाकुर पर आय से अधिक सम्पत्ति और पद के द्रूपयोग का मामला भी चल रहा है सृजन घोटाले में बारह प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिनमें से सात में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है पटना में हुई उच्चस्तरीय बैठक में रोस्टर सहित रिक्ति मंगाने का फैसला किया गया साथ ही आईटी मैनेजर और डाटा इंट्री ऑपरेटर के पदों के सृजन पर भी विचार हुआ देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का परिणाम जारी कर दिया गया है दिल्ली के सुभान श्रीवास्तव ने इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है वहीं अभिनाश भारद्वाज बिहार टॉपर बने हैं पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण लू जैसे हालात बने हुये हैं मौसम विभाग ने कहा है कि दो मई के बाद ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी हालांकि पछ्आ हवा की रफ्तार में कमी आने से औसत तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फोनी का असर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिख सकता है तीन से छह मई के बीच पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सरकार पर विभिन्न दस्तावेजों को गायब करने का अरोप लगाया है पार्टी पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने पटना में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दो हजार तेरह में दर्ज एक एफआईआर का रिकॉर्ड और दो बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला है

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के कन्नौजी गांव से अपहृत प्रोपर्टी डीलर की हत्या के मामले में एसआईटी ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है

हिन्दुस्तान लिखता है चौथे चरण में बिहार की पांच सीटों पर अठावन दशमलव नौ दो फीसदी मतदान सबसे अधिक इकसठ दशमलव दो सात फीसदी वोटिंग बेगूसराय में दैनिक जागरण ने लिखा है कड़ी धूप के बावजूद वोटरों ने दिखाया जोश प्रभात खबर की सुर्खी है बंगाल और ओड़िशा में हिंसा कई जगह ईवीएम खराब दैनिक भास्कर लिखता है रफाल मामले में पुनर्विचार मामलों पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है चौकीदार चोर पर राहुल गांधी ने फिर खेद जताया आज की सुर्खी है जेईई मेन में अविनाश भारद्वाज बिहार स्टेट टॉपर

दो मई तक लिये जा सकते हैं नाम वापस

और प्रदेशभर में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी